कल नई दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों को लेकर कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई इससे पहले स्कीनिंग कमेटी के सदस्यों ने बैठक कर सूची को अंतिम रूप दिया उधर भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद विरोध के स्वर भी सामने आर्ने लगे हैं कल कई विधानसभा क्षेत्रों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर टिकट वितरण को लेकर नाराजगी व्यक्त की जैतारण से जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल का टिकिट कटने पर उन्होंने मंत्री पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हैं श्री गोयल ने बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है वहीं पार्टी के पूर्व महामंत्री कुलदीप धनकड़ ने भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने कहा है कि अब वह बागी होकर विराटनगर से चुनाव लड़ेंगे अजमेर जिले के किशनगढ से विधायक भागीरथ चौधरी का टिकट काटने से नाराज समर्थकों ने प्रदेश कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की इधर बहुजन समाज पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची भी जारी कर दी

इस दौरान वे संभागीय आयुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस निरीक्षक और पुलिस अधिकारियों सहित चुनाव से जुडे अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में श्री कुमार ने निर्वाचन से जुडी गतिविधियों की समीक्षा की

इसके तहत बाडमेर में लोकगीतों के जरिये लोगों से वोट डालने की अपील की जा रही है

कल जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप कार्यक्रम के तहत चार मतदाता जागरूकता रथो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान दलों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जिले में चल रहे है निर्वाचन विभाग प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले प्रशिक्षणार्थियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि कल जयपुर में सभी राजनैतिक दलों की मौजूदगी में लॉटरी निकालकर उनको चु्नाव प्रसारण तारीख और समय का निर्धारण किया गया

गृह सचिव राजीव गौबा ने ऐसी सामग्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए नई दिल्ली में टिवटर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्हें इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने और भारत में ऐसे शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी जो दिन और रात उपलब्ध रहें

जयपुर में इस अवसर पर कई धार्मिक आयोजन किये जा रहे है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है